विश्व एड्स दिवस आज प्रदेश में भी आयोजित किये जा रहे हैं विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक जो या तो पढ़ाना नहीं चाहते या पढ़ाने में अक्षम हैं उन्हें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी

तत्पश्चात पुनः परीक्षा ली गई इसमें भी अनुउत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है

बैठक में बताया गया कि अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत बीते वर्षों की तुलना में इस वर्ष सर्वाधिक यूरिया का अग्रिम भण्डारण कराया गया है मिशन इंद्रधन्ष पाँच वर्ष तक के बच्चों और गर्मवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए आगरमालवा जिले में भी कल से मिशन इन्द्रधनुष की शुरूआत होगी इसके लिये आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाईजर की बैठक में कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि चिन्हित एक भी बच्चा और गर्भवती महिला टीकाकरण से वंचित न रहें

शक्ति अभियान अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आगरमालवा जिले में आज से शक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है पुलिस अधीक्षक सविता सोहाने ने बताया कि अभियान के तहत असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने उनके विरूद्व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जुआ सट्टा अवैध शराब और अवैध हथियार का निर्माण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जावेगी इसके साथ ही सघन चेकिंग यातायात व्यवस्था हेतु जागरूकता के कार्य भी किये जायेगें विमान सुविधा इदौर के देवी अहिल्या बाई होलकर विमानतल से अब यात्रियों के लिए प्रदेश में ज्योतिर्लिंग तीर्थस्थल ओंकारेश्वर और उज्जैन के लिए बस चलाई जाएगी साथ ही विमानतल पर बहमंजिला कार पार्किंग भी बनाई जाएगी ये निर्णय इंदौर सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में कल हुई विमानतल की सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया बैठक में विमानतल के रनवे विस्तार का भी निर्णय लिया गया जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ान वाले बड़े विमानों को यहां उतारा जा सके पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने पिछले छह महीनों के दौरान विकास सामाजिक सशक्तिकरण और भारत की एकता को मजबूत करने के लिए कई फैसले किये हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार भविष्य में इससे भी ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक है जिससे समृद्ध और प्रगतिशील नये भारत का निर्माण किया जा सके

यह एचआईवी वायरस के संक्रमण से होने वाले एक्वायर्ड इम्युनो डिफिशियेन्सी सिन्डॉम यानि एडस के प्रति जागरुकता बढाने और इसके खात्मे के लिये एकजुटता व्यक्त करने का दिन है यह एडसग्रस्त लोगों के प्रति सहयोग और समर्थन का अवसर भी प्रदान करता है इस वर्ष विश्व एडस दिवस की थीम है कम्यूनिटीज़ मेक द डिफरेंस यानि सामुदायिक प्रयासों से फर्क पड़ता है

इस अवसर पर आज प्रदेश में भी कई कार्यकम आयोजित किये गये हैं भोपाल में हाफ भैराथन का आयोजन किया जा रहा है वहीं दोपहर में राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जागरूकता रैली निकाली जाएगी खण्डवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में भी जानलेवा बीमारी एड्स के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन किया जायेगा उधर देवास जिले में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे उमरिया शहडोल अनपपर रीवा राजगढ़ शिवपुरी कटनी भिण्ड मुरैना बैतूल निवाड़ी अशोकनगर गुना विदिशा रायसेन और सीहार सहित विभिन्न जिलों में विश्व एड्स दिवस पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

यह अब तक किसी भी माह के दौरान कंपनी के इतिहास में प्राप्त सबसे ज्यादा राशि हैं कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया कि नवंबर माह में ही कंपनी ने एक दिन में पौने नौ करोड़ यूनिट बिजली वितरण का भी रिकार्ड बनाया हैं श्री नरवाल ने बताया कि ज्यादा बिजली वितरण एवं उसी के अन्रूरप राजस्व संग्रहण कर कंपनी को अखिल भारतीय स्तर पर ए प्लस श्रेणी की बनाने के प्रयास चल रहे हैं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

पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपूरी जिले के नरवर में विद्युत केन्द्र का भूमिपूजन किया कटनी जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है इसके तहत स्वास्थ्य केन्द्रों पर नसबंदी शिविर लगाये जा रहे हैं

खण्डवा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जिलास्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें पंजीकृत असंगठित श्रमिकों पंजीयन कार्ड बांटे गये

अशोकनगर जिले के ईशागढ़ में कल आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित किया गया